इस अवसर पर प्रदेशभर में आदिवासी संस्कृति पर केन्द्रित कार्यकम आयोजित किये जा रहे हैं

ये जिले हैं श्योपुर रतलाम अलीराजपुर झाबुआ बड़वानी धार खरगोन खंडवा बुरहानपुर छिन्दवाड़ा मंडला बालाघाट सिवनी डिण्डोरी अनूपपुर शहडोल उमरिया सीधी और होशंगाबाद शामिल हैं इन सभी जिलों में आयोजित कार्यकमों में सरकार के विभिन्न मंत्री शामिल हो रहे हैं कथित भारत बंद कुछ संगठनों द्वारा आज बुलाये गये भारत बन्द का खास असर नजर नहीं आ रहा है राजधानी भोपाल से सभी प्रमुख शहरों में गतिविधियां सामान्य तौर पर चल रही हैं हालांकि प्रशासन ने सुरक्षा और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये पर्याप्त व्यवस्था की है मुरैना जिले में प्रशासन आज पूरी तरह अलर्ट है

आज सुबह से पुलिस बल लगातार संवेदनशील इलाको में गश्त कर रही है साथ ही पूरे शहर में जगह जगह चेकिंग पॉइंट्स लगाए गए हैं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 वहीं ग्वालियर में बन्द का आंशिक असर दिख रहा है शिवपुरी में भी बन्द को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है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 सूचना एवं प्रसारण पमंत्रालय की आज जारी आदेश के मुताबिक मयंक कुमार अग्रवाल को दूरदर्शन समाचार का नया महानिदेशक बनाया गया इसके अलावा घनश्याम गोयल पत्र सूचना कार्यालय के नये महानिदेशक और सत्येन्द्र प्रकाश ब्योरो ऑफ आउटरीच के नये महानिदेशक होंगे सीएम मुलाकात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह से मुलाकात कर चना मसूर और सरसों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की अनुमति देने के लिए केन्द्र सरकार का आभार व्यक्त किया

श्री चौहान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में पिछले दिनों रही बैंकों में नगदी की समस्या के निराकरण के लिए धन्यवाद दिया

विशेष लोक अदालतों में पंजीकृत श्रमिकों एवं कर्मकारों के साथसाथ किसानों के मुकदमे भी वापस लिए जाएंगे कम्पनियों से कहा गया है कि मुकदमे वापस लेने की कार्यवाही भारसाधक लोक अभियोजक के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी